कालादूंगी के विधायक बंशीधर भगत के नाम का एलान केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में चुनाव प्रभारी बलवत सिंह भौर्याल ने किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल ने कहा प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आज समाप्त हो चुकी है जिसमे बंशीधर भगत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बंशीधर भगत को बधाई दी

उन्होंने कहा कि वे मुख्यमन्त्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व अध्यक्षों के साथ मिलकर कार्य करेंगे

सीएए मेघवाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देहरादून में पत्रकारों से वार्ता के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने कहा कि सीएए एक कानून है जिसको लागू करने के लिए सभी राज्य बाध्य है

लखनऊ विधानसभा में आयोजित होने वाले सीपीए इंडिया रीजन के तीन दिवसीय सम्मेलन की कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बतौर सदस्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रतिभाग किया इस समिति में संसदीय विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया साथ ही सम्मेलन के दौरान जिन विषयों पर चर्चा होनी है उसकी रूपरेखा भी तैयार की गई

इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया मलेशिया और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे आपको बता दें कि सातवें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का सम्मेलन पहली बार राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में विधायिका के कामकाज में सुधार पर चर्चा और विचार विमर्श किया जाना है

सकनिधार के पास एक कार तीन सौ मीटर गहरी खाई में गिर गई इस हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकी एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई घायल महिला को एम्स ऋषिकेश भेजा गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और वहां उनकी मृत्यु हो गई बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जा रहे थे और सभी एक ही परिवार के सदस्य थे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहंचे और बचाव कार्य शुरू किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्होंने दुर्घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों और टैक्सी चालकों को शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि हमेशा सड़क पर यातायात के नियमों का पालन कराना चाहिये कभी भी वाहन चलाते समय नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और स्पीड का भी ख्याल रखना चाहिए जिलाधिकारी ने कहा कि आजकल ज्यादातर दुर्घटनाएं वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल से हो रही है उन्होंने वाहन चलाते समय पूरी एहतियात बरतने की अपील की जिलाधिकारी ने टैक्सी संचालकों से फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र भी वितरित किये सीडीएस रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वालों के विरूद्व कड़ी वैश्विक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि आतंकवाद का दुढ़ता से मुकाबला करने और इसकी जड़ों पर चोट करने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफ ए टी एफ के जरिये कुछ देशों को काली सुची में डाला जाना आतंकवाद पर लगाम लगाने की दिशा में एक अच्छा उपाय है

इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्र सरकार गांव को विकास का केंद्र मानकर वहां के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाएं पहुंचाने और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए संकल्परत है उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के दूरस्थ गांवो जैसे वादुक गुलाडी सितेल और कनोल को मुख्य सड़क से जोड़ते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ाएगी इसके साथ ही सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरस्वती शिशु मंदिर गोपेश्वर का लोकार्पण करते हए लोगों से अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की बात भी कही मौसम प्रदेश में आज मौसम ने फिर करवट बदली राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई

पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है

वहीं पौड़ी नैनीताल चंपावत और उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है मुख्य सचिव बागेश्वर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बागेश्वर जिला अस्पताल को मिली दो एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले पर जिले की जनता को दो एंब्लेंस और एक मोबाइल पैथोलॉजी वाहन उपलब्ध कराया गया है मोबाइल वाहन से गरीबों का निशुल्क इलाज कराया जाएगा वहीं अन्य लोगों का सस्ते दरों में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा मुख्य सचिव ने नुमाइशखेत में उत्तरायणी मेले में लगे विभागीय प्रदर्शनी और स्टॉलों का निरीक्षण भी किया उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे आजीविका मिशन के कार्यों की सराहना भी की

पिथौरागढ़ चम्पावत और नेपाल की सीमा से लगे इस धार्मिक आस्था के केंद्र में लगे उत्तरायणी महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया महोत्सव में पहुंचीं पिथौरागढ़ विधायक चन्द्रा पन्त ने कहा कि पंचेश्वर आस्था का केंद्र होने के साथ ही पर्यटन का मुख्य केंद्र बिंदु है इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के हर सम्भव प्रयास किये जाएंगे सीएम श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में आयोजित संघ प्रचारक और विद्या भारती के पूर्व संगठन मंत्री स्वर्गीय श्याम लाल के श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्याम लाल की संघ में अहम भूमिका रही है